उन्होंने करगिल युद्ध के शहीदों को अर्पित की श्रद्वांजलि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे माल और सेवा कर परिषद ने पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की जीएसटी दर में की सात प्रतिशत की कटौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है ख्वा बलों को सुदुढ़ बनाने के लिए स्वदेश में ही ख्वा सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रवानमंत्री कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बीसवें करगिल विजय दिवस पर समारोह को संबोधित कर रहे थे करगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी भारत के संकल्यों की जीत थी भारत के सामर्थय और संयम की जीत थी करणिल में विजय भारत की मर्याता और अनुशासन की जीत थी युद्ध सरकारें नहीं लड़तीं युद्ध प्रस देश लड़ता है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षों में सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय तिये हैं उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया था और उसे माकूल जवाब दिया था प्रघानमंत्री ने कहा कि आज समुचा विश्व आतंकवाद की चुनौतियों का सामना कर रहा है और कुछ देश आतंकवाद को फैलाने के लिए छद्मयुद्ध का सहारा ले रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार करगिल युद्ध के अमर शहीदों और कार्यरत सैनिकों के अभिमावकों को पत्र लिखकर उन्हें देश के लिए आहुति देने वाले जवानों को श्रद्वांजलि देने का अनुरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में करगिल विजय दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सरकार इन पत्रों में यह बतायेगी कि किस तरह इन वीर सैनिकों ने सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में देश की हिफ़ाज़त करते हुए अपना बलिदान दिया उन्होंने यह भी बताया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू की और इसके लिए तीस हज़ार करोड़ रूपये आवंटित किये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्घन ने कहा है कि सरकार देशवासियों को उच्च गुणक्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्व है कल नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का शुपारंम करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल है सफदरजंग अस्पताल में आज से बुजर्गों के लिए हर रविवार दिन में विशेष ओ पी डी सहित अन्य सुविधाएं शुरू की जाएंगी उघर बस्ती जिले में कल महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कालेज की चिकित्सा इकाई ओपेक चिकित्सालय कैली में डायलिसिस सेवा का रुणारंभ भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने किया यह सेवा निशुल्क है इसका लाम लेने के लिए पहले पंजीकरण कराना होगा इस यूनिट र्मे दस बेड की अत्याधुनिक सुविधा होगी डायलिसिस यूनिट के शुमारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बस्ती मंडल में स्वास्थ्य सुविवाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना बहुत बड़ी उपलब्धि है यह सेवा हेरीर्टेज हास्पिटल वाराणसी व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पीपीपी माडल के तहत संवालित होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रवानमंत्री के दोबारा सत्ता संभालने के बाद कार्यक्रम की यह दूसरी कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीवोवी डॉट इन पर प्रसारित किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चौनलों पर भी उपलब्ध होगा आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि यह पहली सरकार है जो शहरों का कायाकल्प करने की दिशा में आगे बढ़ रही है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंघन एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर अधिक था लेकिन दसरे कार्यकाल में योजनाओं को पूरा करने पर अधिक जोर रहेगा

ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का प्वासवां राष्ट्रीय अधिवेशन कल से आगरा में शुरू हुआ अधिवेशन के पहले सत्र का उदघाटन करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार महापौरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीत है लेकिन महापौरों को भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की भी जरूरत है इस अवसर पर सांसद एसपी सिंह बघेल राजकुमार चाहर और आगरा के मेयर नवीन जैन भी मौजूद थे अधिवेशन में देशमर के अस्सी से ज्यादा महापौर भाग ले रहे हैं

उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर देश के प्रति बदली यह धारणा भारत की आध्यात्मिक सोच और वैदिक परम्परा को अपनाये रखने वाले भारतीयों के सामर्थ्य का नतीजा है माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है नई दिल्ली में कल परिषद की छत्तीसवीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरों पर जीएसटी दर को अट्ठारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी फैसला हुआ नई दरें पहली अगस्त से लागू होगी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ स्थित इंदिरा गांवी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले दूसरे ग्रारंड प्रेकिंग समारोह में विमिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का श्मारम्म करेंगे समारोह में पैसठ हजार करोड़ रूपये से अधिक की दो सौ बान्नवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी जायेगी पिछले साल फ़रवरी में आयोजित निवेशकों के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान चार लाख करोड़ रूपये से ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये थे

ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब भूमि पूजन शिलान्यास

हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश रिये हुए है और उनका संकल्प है कि हम जीरा टॉलेंस के प्रति रखेंगे किसी मी प्रकार की कोई आदमी परेशान करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जब इंस्ट्रीज को संख्य मिलता है सुरक्षा मिलती है संसाधन मिलते है सहयोग मिलता है तब इंस्ट्रीज जिस क्षेत्र में जाना चाहता है और यह सारी चीजे आगे भी इंडस्ट्रीज को मुहैया कराने के लिये तैयार है इंडस्ट्रीज और रोजगार एक दूसरे के प्ररक के रूप में चलते है

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के इक्यासीवें स्थापना दिवस पर कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी गई

उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं मारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम की चौथी बरसी पर कृतज्ञ राष्ट्र ने कल उन्हें भावमीनी श्रद्वांजलि दी उपराष्ट्रपति एम वैकया नायडू ने कहा कि डॉ कलाम सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह उनके प्रेरणादायी उपदेशों ने लाखों लोगों को जीने की नई राह दिखाई